थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के लिए आज रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने एक वक्तव्य में कहा कि भारत आसियान देशों के साथ संपर्क में सुधार के लिए उत्सुक है उन्होने कहा कि पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन भारत प्रशांत क्षेत्र के लिए हमारे दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करता है उन्होने कहा कि क्षेत्रीय विस्तृत आर्थिक सहभागिता सम्मेलन आर सी ई पी में नेता इस संबंध में होने वाले समझौतों की प्रगति की समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि सम्मेलन के दौरान नेता वस्तु सेवा और निवेश के संबंध में भारत की चिंताओ और हितों का पूरी तरह ध्यान रखे जाने सहित सभी मुद्दों पर विचार करेंगे

इन संगठनों ने दोहराया है कि नागा शांति प्रक्रिया के परिणाम राज्य के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र को परेशान नही करना चाहिए केंद्र सरकार ने कहा कि नागा ग्रटो के साथ किसी भी समझौते को अंतिम रुप देने से पहले असम मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश सहित सभी हितधारकों से परामर्श करेगा इस मुद्दे पर सभी हितधारकों से परामर्श करने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए गृह मंत्री बमांग फेलिक्स ने इसे व्यापक नीति बताया उन्होंने कहा कि राज्य सरकार परामर्श के लिए ब्रुलाए जाने पर राज्य और स्थानीय लोगो के हित को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार को अपनी राय देगी

श्री खांडू ने कल तवांग में पुलिस अधीक्षक के नए कार्यालय भवन का उदघाटन करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने पुलिस आधुनिकीकरण के लिए नवीनतम उपकरणों की खरीद से लेकर अवसंरचना अंतराल और जनशक्ति के लिए धनराशि आवंतित की है श्री खांडू ने कहा कि राज्य में दो और प्रलिस बटालियन का सदन जल्ट किया जाएगा उन्होंने यह भी कहा कि राज्य पुलिस बल में एक हजार और पद भरे जाने बाकी है जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा राजस्व सुजन पर मुख्यमंत्री ने बताया कि शीर्ष राजस्व उत्पादक जिलों को राज्य सरकार विशेष ध्यान देगी

ईस्ट सियांग जिला उपायुक्त किन्नी सिंह ने क्षेत्र के चालीस स्थानीय युवाओ को आलो में आयोजित आर्मी भर्ती रैली में शारिरीक और चिकित्सा परिक्षण के लिए प्रशिक्षण उपलब्ध कराई फाउण्डेशन के सेक्रेटरी ग्रुप कैप्टन एम पांगिंग पाउ वी एम सेवानिवृत ने बताया कि फाउण्डेशन द्वारा प्रशिक्षित तीस स्थानीय युवा पहले ही भारतीय सेना में भर्ती हो चुके है

काटान योमसो की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य कार्यकारी समिति का पुर्नगठन किया गया पूर्वोत्तर के लिए अभियान समन्वयक रमेश लिंबू ने कहा कि शिक्षा परियोजना राज्य में दो हजार पंद्रह में शुरु की गयी थी और वर्तमान में कुल तीन सौ निन्यानवें शिक्षा केंद्र चल रही है जिसे एकल विद्यालय के नाम से जाना जाता है उन्होंने बताया कि यह परियोजना सुद्रर ग्रामीण क्षेत्रो में स्वास्थ्य ग्रामीण विकास और पर्यावरण परिदृष्य के विकास के अलावा बच्चो की पूर्व प्राथमिक शिक्षा और नैतिक निर्माण का भी विकास करता है उन्होंने श्रमिको और शिक्षकों से दूर दराज के गांव में बच्चों के शारिरीक और मानसिक विकास के लिए मिलकर प्रयास करने का आग्रह किया ईस्ट सियांग जिले के मार्जिंगला मे आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में स्थानीय लोगो ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया तथा विभिन्न सरकारी सेवाओ का भी लाभ उठाया दिनभर चले इस कार्यक्रम के तहत पी आर सी एस टी जन्म प्रमाण पत्र आय विकलांगता और बृद्ध प्रमाण पत्र जारी करने सहित आधार पंजीकरण और इसमें सुधार करने की प्रक्रियाओ के बारे में जानकारी दी गयी

आज का अधिकतम तापमान तैतीस दशमलव चार डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान अट्ठारह दशमलव छह डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया